मुख्यमंत्री ने ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए भूमि आवंटन की दी सहमति

बारिश और भूस्खलन के चलते चारधाम यात्रा प्रभावित अगले दो दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना ट्रेनिंग सेंटर देहरादून में सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन यानि सीबीएसई का ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा

सीबीएसई के क्षेत्रीय निदेशक रणवीर सिंह ने आज देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मुलाकात कर यह जानकारी दी मुख्यमंत्री ने ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए भूमि आवंटन किए जाने पर सहमति देते हुए देहरादून के जिलाधिकारी को इस सम्बन्ध में जल्द प्रस्ताव तैयार करने को कहा

संरक्षण धार्मिक पर्यटन को बढावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार मेलों के आयोजन के लिए वार्षिक कलैण्डर तैयार करने जा रही है इसके लिए पर्यटन और संस्कृति विभाग बजट का प्रावधान कर रहा है जागेश्वर में श्रावणी मेले का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमें अपनी विलुप्त होती संस्कृति को संरक्षित करना होगा जागेश्वर को पांचवे धाम के रुप में विकसित करने पर जोर देते हुए श्री रावत ने कहा कि यह क्षेत्र पर्यटन मानचित्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है उन्होंने बताया कि केंद्र ने जागेश्वर क्षेत्र के सौन्दर्यीकरण के लिए योजना स्वीकृत की थी जिस पर लगातार कार्य जारी है

योजना के तहत प्लांट लगाने वाली वृद्ध महिला गीता पांडे कहती हैं कि जब से उनके घर पर यह प्लांट लगा है बिजली का बिल आना लगभग बंद हो गया है और बार बार लाइट जाने के झंझट से भी मुक्ति मिल गई है उनका कहना है कि यह योजना काफी फायदेमंद है इससे सभी तरह के विद्युत उपकरण चलते हैं परियोजना अधिकारी रॉकी कुमार ने बताया कि सौर ऊर्जा मिशन में रुफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है

लोग सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर अपना घर तो रोशन कर ही रहे हैं साथ ही गांव को भी बिजली देकर अपना रोजगार कर रहे हैं ये योजना पलायान रोकने में भी कारगर साबित हो रही है

उन्होंने हल्द्वानी में आयोजित पौधरोपण अभियान में हिस्सा लिया और फलदार और छायादार पौधे भी रोपे उन्होंने कहा कि पौधरोपण अभियान में जन सहभागिता जरूरी है श्री पन्त ने कहा कि हरेला का जहां पारंपरिक महत्व हैं वहीं पर्यावरण की दृष्टि से भी यह पर्व खासा महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि प्रदेश में खासकर उन पौधों को रोपने पर ध्यान दिया जा रहा है जिनमें भू जल संर्वधन और संग्रहण की क्षमता अधिक है संसद सत्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा है संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज नई दिल्ली में बैठक बुलाई इस सर्वदलीय बैठक में सरकार ने संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृहमंत्री राजनाथ सिंह संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा बैठक में शामिल हुए पत्रकारों से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने बताया कि सभी दलों ने सरकार को सहयोग देने का आश्वासन दिया है

चारधाम के लिए जाने वाले रास्ते भूस्खलन के कारण मलबा आने से बार बार बाधित हो रहे हैं वहीं मलबा आने के कारण थिरांग के समीप ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अवरूद्व है जबकि ऋषिकेश यमुनोत्री राजमार्ग डबरकोट के सामने भूस्खलन के चलते यातायात के लिए बाधित हो गया है केदारनाथ के लिए जाने वाले रास्ते के बंद होने की सूचना भी प्राप्त हुई है राज्य आपदा परिचालन केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऋषिकेश केदारनाथ मार्ग डोलिया देवी के पास आवागमन के लिए बाधित है बीआरओ के जवान इस मार्ग को खोलने की कोशिश कर रहे हैं हालांकि सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए जाने वाला पैदल रास्ता आवाजाही के लिए खुला है

मौसम राज्य के कई हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है हरिद्वार उत्तरकाशी और टिहरी के कई हिस्सों में दोपहर के बाद तेज बौछारें पड़ने की सूचना मिली है मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों में भारी बारिश हो सकती है विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कल राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने इस दौरान प्रदेश के अनेक हिस्सों में बारिश होने की संभावना भी व्यक्त की है उधर लगातार हो रही बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया है जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है नगर पालिका अधिशासी अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि रुद्रप्रयाग शहर में हाई अलर्ट जारी किया गया है

संक्षिप्त समाचार चमोली के जिलाधिकारी आशीष जोशी ने नीति बॉर्डर फूलों की घाटी और बदरीनाथ यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया उन्होंने अधिकारियों को इन स्थानों पर सभी व्यवस्थांए चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए चमोली जिले के घाट और थराली क्षेत्र में अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को खाद्य सामग्री और अन्य सहायता वितरित करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया है इस क्षेत्र में अतिवृष्टि और भूस्खलन के कारण इक्तालीस परिवार प्रभावित हुए हैं